आज आकाशवाणी स मन की बात कार्यक्रम में श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि लोगों को अपने मतदान की जिम्मदारी के महत्व को समझना होगा

उनके लिए देश की ज़िम्मेदारी अपने कन्धों पर लेने का अवसर आ गया है मैं युवा पीढ़ी से आग्रह करता हूँ कि अगर वे मतदान करने के लिए पात्र हैं तो खुद को ज़रूर मतदाता के रूप में रजिस्टर करवाएँ प्रधानमंत्री मोदी ने रेडियो को लोगों के साथ जुड़ने का एक प्रभावकारी माध्यम बताया

इसके माध्यम से वे आजाद हिंद फौज के सैनिकों के साथ साथ देशवासियों से भी संवाद किया करते थे मैंने हमेशा से रेडियो को लोगों के साथ जुड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना है उसी तरह नेताजी का भी रेडियो के साथ काफी गहरा नाता था सुभाषबाबू का रेडियो पर बातचीत शुरू करने का एक अलग ही अंदाज़ था वो बातचीत शुरू करते हुए सबसे पहले कहते थे दिस इज सुभाष चन्द्र बोस स्पीकिंग टू यू ओवर द आजाद हिन्द रेडियो और इतना सुनते ही श्रोताओं में मानो एक नए जोश एक नई ऊर्जा का संचार हो उठता अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद से जितने भी सफल अंतरिक्ष मिशन हुए थे उतने ही मिशन पिछले चार वर्षों में सफलतापूर्वक पूरे किए गए

श्री मोदी ने कहा कि भारत शीघ्र ही चन्द्रयान द्वितीय मिशन के तहत चन्द्रमा पर अपनी मौजूदगी दर्ज करायेगा

इसी चौबीस जनवरी को हमारे विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया कलाम सेट लांच किया गया है ओडिशा में यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए साउन्डिंग रॉकेट्स ने भी कई कीर्तिमान बनाए हैं

श्री मोदी ने स्वच्छ सुंदर शौचालय नाम के स्वच्छ शौचालयों की एक अनूठी प्रतियोगिता का जिक्र करते हुए कहा कि लोग अपने शौचालयों की सफाई पर ध्यान दे रहे हैं और उसके चित्र हैशटैग माई इज्जत घर पर अपलोड कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि वे मंगलवार को परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत देश भर के छात्रों से संवाद करेंगे श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव और विचार भेजने का आग्रह किया

प्रधानमंत्री ने संत रविदास का विशेष रूप से स्मरण किया जिनकी जयंती उन्नीस फरवरी को मनाई जायेगी

यह पर्व इकत्तीस जनवरी तक चलेगा पर्यटन मंत्री ने बताया कि पांच दिन का यह आयोजन गणतंत्र दिवस समारोहों के अंतर्गत किया जा रहा है इसका उद्देश्य देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करना और देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना है भारत पर्व प्रतिदिन दोपहर बारह बजे से रात दस बजे तक लोगों के लिए खुला रहेगा इसमें प्रवेश निःशुल्क है

बैठक में बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया जायेगा और उनके वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार के उपायों पर चर्चा की जायेगी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

एक न्यूज वेबसाइट को दिये गए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत देश के लोगों विशेषकर युवाओं के कारण स्टार्ट अप के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया ह उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा और नवाचार के कारण ही स्टार्ट अप उद्यम क्षेत्र में भारत विश्व में अग्रणी है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने नियामक व्यवस्था मजबूत की है स्टार्ट अप उद्यमों की परिभाषा बदली है कर छूट बढ़ाई है और कर की दरें कम की हैं इन उपायों से स्टार्ट अप उद्यम क्षेत्र तेजो से बढ़ा है

उन्होंने कहा कि यह ट्रेन मेड इन इण्डिया स्तर की है और नये भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए यह एक वन्दनीय कदम है वाराणसी और दिल्ली के बीच शीघ्र चलने वाली इस ट्रेन का निर्माण मेक इन इण्डिया कार्यक्रम के तहत इन्ट्रीगल कोच फैक्टरी द्वारा मात्र अट्ठारह महीने में किया गया है यह टन वाराणसी से दिल्ली का सफर मात्र आठ घंटे में तय कर लेगी गति और सुविधा की दृष्टि से राजधानी रेल सेवा के बाद वन्दे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेल का एक बड़ा कदम है यह ट्रेन अधिकतम एक सौ साठ किलोमीटर की गति से दौड़ सकती है यह देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसमें विश्व स्तरीय यात्री सुविधाएं उपलब्ध हैं

हमारे संवाददाता ने बताया कि सक्षम बैनर के तले कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित नेत्र कुंभ में लोगों को स्वैच्छिक नेत्रदान के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कुंभ मेले में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविरों के माध्यम से नेत्रदान महादान के संकल्प को बढावा दिया जा रहा है देश भर से आये श्रद्धालू पर्यटक और कल्पवासियों को इसका लाभ मिल रहा है एक कल्पवासी ने बताया मैं डॉक्टर शिवमूर्ति त्रिपाठी यहां कल्पवास में हूं इस समय एक महीने के लिए और नेत्र शिविर में मैं आज यहां चश्मा लगवाने आया था और एक घंटे के अंदर लगभग सारी चैकिंग भी हो गई चश्मा भी मिल गया नेत्र कुंभ के आयोजक और एनजीओ सक्षम के महासचिव कमलाकांत पांडेय ने आकाशवाणी को बताया चिकित्सालयों में किस प्रकार से तुरंत ट्रांसप्लांट हो हमारा यहां निःशुल्क उनको हम कोनिया लगाने का प्रयास कर रहे इसलिए अभी हम पूरे देश भर में इस पर भी फोकस करने जा रहे कि किस को जरूरत है उनको तत्काल कोर्निया दिलाया जाए जिससे उनको सुविधा अच्छे से हो सके इस बार का आधुनिक कुंभ विभिन्न आयोजनों के माध्यम से अपने मानव कल्याण के उद्देश्यों को पूरा कर रहा है